प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाखों लोगों का जीवन बचाने में स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला सम्पन्न मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के सजग प्रहरी बनने का किया आग्रह जनमंच प्रदेशभर में आज तीसरा जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर शिमला ग्रामीण क्षेत्र के बसंतपुर में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जिलास्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण फीडबैक मिल रही है पांवटा साहिब की भंगानी पंचायत में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में करीब डेढ़ हज़ार मामले प्राप्त हुए जिनमें से अधिकांश का मौके पर निपटारा किया गया कुल्लू ज़िले के बंजार क्षेत्र के मंगलौर में हुए कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सशक्त हिमाचल की नींव रखी है और जनमंच कार्यक्रमों से पंचायतें भी मज़बूत हो रही हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के छतराड़ी में जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने लोगों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ लेने का आहवान किया स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सोलन जिले की चण्डी पंचायत में हुए कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जनमंच को पहले से बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत है कांगड़ा ज़िले के तियारा में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है ऊना जिले में गगरेट क्षेत्र के भद्रकाली में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकर ने जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से जहां लंबित मामलों का निपटारा हो रहा है वहीं विभागीय कार्यों में तेज़ी और पारदर्शिता भी आई है मण्डी ज़िले की कोठी पंचायत में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में जनमंच में भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने का आहवान किया स्पीति उपमण्डल के काजा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने जन समस्याएं सुनीं उधर किन्नौर जिले के भावानगर में हुए कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनमंच को पूरी गम्भीरता से लेने के निर्देश दिए स्वच्छता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सवा सौ करोड़ भारतीयों में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने की भावना से भारत को स्वच्छता और सफाई में सराहनीय प्रगति करने में मदद मिली है उन्होंने देश में तेज गति से स्वच्छता अभियान चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारत की प्रशंसा होने पर खुशी जाहिर की है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई और स्वच्छता में देश की प्रगति पर संगठन की रिपोर्ट काफी उत्साहवर्द्वक है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका लाखों लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण है जीएसटी केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वस्तु और सेवाकर परिषद ने रूपे डेबिट कार्ड भीम आधार यूपीआई और यूएसएसडी के माध्यम से भूगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए कैश बैक ऑफर का यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि स्वयं आगे आने वाले राज्यों को डिजिटल भूगतान में प्रारंभिक आधार प्रोत्साहन दिया जायेगा

राम स्वरूप मण्डी ज़िले में करसोग क्षेत्र के तत्तापानी में सामुदायिक भवन का सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज लोकार्पण किया उन्होंने तत्तापानी से शाकरा के लिए बस सेवा और ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के रथ को भी रवाना किया शाकरा में एक जनसभा में राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश विकास की दृष्टि से काफी अग्रणी है और लोगों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं घरद्दार पर मुहैया करवाई जा रही हैं उन्होंने बताया कि तत्तापानी में एनटीपीसी द्वारा करीब डेढ़ करोड़ रूपए से घाटों का निर्माण किया जा रहा है

चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि गम्भीर रूप से घायल दो लोगों को पठानकोट जबकि अन्यों को ककीरा स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण ये हादसा पेश आया है मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज पारम्परिक हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हो गया समापन समारोह में चम्बा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया उन्होंने कहा कि ये मेला व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माना जाता रहा है और आज भी इसकी प्रतिष्ठा कायम है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मेलों के आयोजन से प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा मिलता है उन्होंने मिंजर स्मारिका का विमोचन किया और कुश्ती मुकाबलों के विजेताओं को सम्मानित भी किया इससे पहले जयराम ठाकुर ने सुल्तानपुर में चम्बा खजियार सड़क को चौड़ा करने और इसके उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया

मुख्यमंत्री ने राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा में नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन भी किया मुख्यमंत्री चम्बा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के लिए राशन सहित अन्य ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति हैलीकॉप्टर के माध्यम से करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं मगर खराब मौसम के चलते ये उड़ान नहीं हो पा रही है उन्होंने कहा कि एक दो दिन में बड़ा भंगाल तक राशन पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों की परेशानी दूर की जा सके न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के सजग प्रहरी बनने का आग्रह किया है सोलन जिले के अर्की क्षेत्र के घड़ियाच में आज विधिक जागरूकता और पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित आवरण ज़रूरी है और इसके लिए अवैज्ञानिक और अंधाध्रंध कटान पर रोक समय की मांग है उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के वनों की सुरक्षा के अनुभव वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं संजय करोल ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और हम सभी को युवाओं की असीमित ऊर्जा को देशहित में लगाने के प्रयास करने चाहिए

पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई

बैठक प्रदेश वन्य प्राणी प्रभाग ने कल शिमला में जू एण्ड कंज़रवेशन ब्रीडिंग सोसायटी के गवर्निंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किया विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सोसायटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई इस दौरान प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों में सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया बोर्ड ने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय बाज़ारों से उत्तम गुणवत्ता का आहार लेने का निर्णय भी लिया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है

धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी भर गया

सुझाव एंटी टैरेरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कारगिल शहीदों की याद में शिमला में संग्रहालय बनाने की मांग की है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसा करने से युवा पीढ़ी शहीदों की शहादत को लम्बे समय तक याद रख सकेंगे उन्होंने कहा कि संग्रहालय के निर्माण में एंटी टैरेरिस्ट फ्रंट इंडिया भी सरकार को पूरा सहयोग करेगा